श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आगामी यात्रा सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं

लोकसभा चुनाव दूसरा चरण लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के कल के मतदान की सभी तैयारियां हो गई हैं

लेकिन तमिलनाडु में वेल्लोर में धन बल के आरोप में चुनाव रद्द कर दिया गया कानून व्यवस्था को लेकर त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट का चुनाव अब तीसरे चरण में कराया जायेगा इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है

वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में माढ़ा में एक रैली की उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हाल में आंधी और वर्षा से प्रभावित किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सरकार की जरूरत है श्री मोदी ने आज से गूजरात में दो दिन के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में प्रचार किया उन्होंने आज अपने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में रैली की श्री गांधी ने कहा कि वे वायनाड के लोगों की आवाज बनेंगे और उनके साथ जीवनभर का संबंध निभायेंगे सरकारी विद्यालय प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने के अभियान के अच्छे नतीजे सामने आए हैं

इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा भी आरंभ की जा रही है एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आ सकें उन्होंने कहा कि यह सभी माताओं का दायित्व है कि अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे वे अपने आसपास के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रेरित करें

रैली में लगभग तीन हजार पूर्व सैनिक और वीर नारियों ने भाग लिया इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सीएसडी कैन्टीन का भी उदघाटन किया गया इसका लाभ क्षेत्र के भिकियासैंण चौखुटिया द्वारहाट सल्ट स्यालदे और गढ़वाल मंडल के गैरसैंण के आठ हजार से भी अधिक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिलेगा रैली के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी गई मेडिकल कैम्प में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और निशुल्क दवाइयां बांटी गईं दिव्यांग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विचार गोष्ठी आयोजित की गई भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान एवं प्रासंगिकता विषय पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला संस्थान के निदेशक नचिकेता राउत ने बताया कि गोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष और राष्ट्र के लिए उनके योगदान के बारे में अवगत कराना है संस्थान के छात्र छात्राओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन प्रेरणादायी है क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियां में रहकर भी कभी हार नहीं मानी यातायात छात्र कोटद्वार शहर की यातायात व्यवस्था के बेहतर संचालन में पुलिस अब स्कूली बच्चों की मदद लेगी इसके लिए पुलिस पहले चरण में बत्तीस बच्चों को प्रशिक्षण देने जा रही है आज कोटद्वार स्थित थाने में जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया चयनित बच्चों को यातायात संबंधी किट दिए गए अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार रॉय का कहना है कि लोगों में जागरूकता के अभाव में सड़क द्र्घटनाएं बढ़ रही हैं इसलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया है वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि पुलिस की ओर से उन्हें यातायात संबंधी कई उपयोगी जानकारियां दी गई हैं वे खुद भी यातायात नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे

इसके साथ ही चारधाम यात्रा पूरी तरह से आरंभ हो जाएगी बीते शीतकाल और हाल के दिनों में हए हिमपात के कारण बदरीनाथ धाम समेत पूरे क्षेत्र में काफी बर्फ जमी है

सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान बर्फ हटाने के साथ ही हाइवे को दुरूस्त करने में जुटे हैं

समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि कपाट खुलने तक सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी संक्रामक रोग गर्मियां शुरू होने के साथ ही कई तरह के संक्रामक और जल जनित रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है इन दिनों हल्द्वानी क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है यहां बेस अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है अधिकतर मरीज उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं खासकर बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में आमतौर से दूषित पानी के इस्तेमाल और बढ़ते प्रदूषण की वजह से डायरिया का खतरा बढ़ जाता है इससे बचाव का बेहतर रास्ता यही है कि साफ पानी पिया जाए और अपने आसपास साफ सफाई रखी जाए लुटपाट गिरफ्तारी प्रदेश में चुनाव के दौरान अवैध धन जब्त करने के नाम पर एक प्रॉपर्टी डीलर से कथित तौर पर नकदी भरा बैग लुटने के आरोप में पुलिस ने एक कांग्रेस नेता सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है

घटना के बाद प्रॉपर्टी डीलर अनुरोध पंवार ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि चार अप्रैल की रात को वो चुनाव के लिये एक काले बैग में नकदी लेकर जा रहा था पुलिस की एक कार ने उसे रोक लिया और अवैध धन की तलाशी के नाम पर उसकी कार में रखा काला बैग जब्त कर लिया क्छ दिनों बाद उसने शहर के पुलिस थानों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया कि उससे जब्त की गयी रकम कहां जमा करायी गयी है इस संबंध में कहीं कोई जानकारी न मिल पाने के बाद उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद मामले की जांच विशेष जांच दल को सौंपी गयी

इस अवसर पर प्रार्थना सभाएं की गईं राज्यपाल बेबीरानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को महावीर जयन्ती की बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि महावीर जयन्ती केवल एक पर्व या उत्सव ही नहीं बल्कि सत्य सादगी अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक भी है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश हुई राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार टिहरी चमोली बागेश्वर नैनीताल और अल्मोड़ा में कहीं कहीं सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी बद्रीनाथ हेमकंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा हो गया है मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के अधिकतर स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि और झक्कड़ की भी चेतावनी दी गई है एम टी बी चैलेंज रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य के आठ पहाड़ी जिलों में द अल्टीमेट हिमालयन माउंटेन बाइकिंग चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है